कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा बढाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में बताया गया श्री मोदी ने निर्देश दिया कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी ब्रनियादी सुविधाओं को बढाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं

श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं का तेजी से उत्पादन बढाने के बारे में भी बताया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एडीजी जिलाधिकारी डीआईजी और पूलिस कप्तानों व अन्य अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ प्रदेश पूरी मजबूती से लड़ रहा है

उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार केस घट रहे है और टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है कोविड प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यो में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को यह समझना होगा कि यह समय संवेदनशीलता का है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा काल में लापरवाहो अक्षम्य है उन्होंने कहा कि खाली बेड होने के बाद भी मरीजों को भर्ती नहीं करने की घटनाएं संज्ञान में आई है उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड अस्पतालों को दिन में दो बार बेड़स की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सेवा देने वाले सभी कर्मचारियों की टेस्टिंग की जाये सभी पूलिस लाइन में कोविड केयर सेन्टर स्थापित मंडलायुक्तों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हृदय किडनी और नॉन कोविड गंभीर रोगियों के इलाज के लिये भी अस्पताल डेडीकेट किये जाये

जिलाधिकारियों और सीएमओ अपने जिले के जनप्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क में रहे और उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त करते रहे यह कोविड प्रबंधन में उपयोगी होगा

श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड टीकाकरण का काम प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है

उन्होंने बताया कि सतत प्रयासों से वैक्सीन वेस्टज में कमी आई है

इस वर्ग में वैक्सीन वेस्टज शून्य दशमलव तीन नौ प्रतिशत ही है

श्री प्रसाद ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर व विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार हमें हर चुनौती के लिये तैयार रहना होगा इस संबंध में मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है ऐसे में बेड मैन पॉवर चिकित्सीय उपकरण ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता वर्तमान क्षमता के सापेक्ष दोगुना करने की कार्रवाई तेज की जाये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

प्रदेश के सभी जिलों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं यह जानकारी आज अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी

उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में अलविदा की नमाज अता होगी ऐसे में मुसलमान भाइयों को कर्फ्यू का पालन करते हुए अपनी धार्मिक परम्पराओं का निर्वहन करना चाहिये धर्म गुरू इसके लिये आगे आये उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जरूरतमंदों के लिये सामुदायिक भोजनालय शुरू हो रहे हैं

श्री सहगल न जानकारी दी कि बड़ी और जरूरी इकाइयों में कोविड केयर सेन्टर स्थापित किये गये हैं

राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का आज निधन हो गया वह कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे

देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजित सिंह बागपत से सात बार सांसद रहे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं उनके निधन के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में अजीत सिंह ने देश की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ू ने भी पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों क हित के लिए समर्पित रहे

चौधरी अजित सिंह के निधन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने जारी अपने शोक संदेश में कहा कि चौधरी साहब जुझारू किसान नेता समाजसेवी और वरिष्ठ राजनेता थे

इस संयंत्र से एक समय में अस्पताल के एक सौ से अधिक बिस्तरों पर कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी आईटीबीपी के अपर महानिदेशक मनोज सिंह रावत ने संयंत्र स्थापित करने के लिए इटली के राजदूत का आभार व्यक्त किया

इसे मिलाकर कूल संक्रमित लोगों की संख्या दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है